पोषण अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर दिया जोर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक बोधगया में शुरू

बिहार और नेपाल के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार पोषाहार और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखरेख के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है आज देशभर की आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रुपए कर दिया गया है इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा बाईट आपकी खुशी मैं देख रहा हूं इतना ही नहीं सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का आपका बीमा यानि दो दो लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आने और इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को मदद मिलने के बारे में श्री मोदी ने बताया बाईट मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों में हमारे जो नन्हें मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है आप सभी ने मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया और देश में तीन करोड़ से अधिक बच्चों और पचासी लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया पोषण अभियान की शुरूआत राजस्थान में झुझंनू से हुई थी इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने की जरूरत पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा बाईट इसी वर्ष राजस्थान के झुंझनू से देशभर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की गई है यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे देश के विकास को नई गति मिलेगी प्रदेश भाजपा कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज बोधगया में शुरू हो गयी पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बैठक का उद्घाटन किया कार्यसमिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है श्री राय ने कहा कि भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये गये अभियान के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा बैठक में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ केन्द्र की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया कार्यसमिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे गिरिराज सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय मंत्री प्रेम कुमार सहित सांसद आरकेसिन्हा गोपाल नारायण सिंह विधायक और विधान पार्षद भाग ले रहे हैं बिहार और नेपाल के बीच पहली बार आज से सीधी बस सेवा शुरू हो गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से बस को रवाना करते हुए कहा कि इससे नेपाल और बिहार के संबंधों में मजबूती आयेगी ये बस सेवाएं भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद शुरू की गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि चार बसें बोधगया और काठमांडू के बीच चलेंगी इसी प्रकार चार बसें पटना और जनकप्र के बीच चलाई जायेंगी काठमांडू जाने वाली बसें पटना रक्सौल और बीरगंज होते हुए चला करेंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि काठमांड् से बोधगया तक की बस सेवाएं इस महीने की तेरह तारीख से नेपाल सरकार द्वारा शुरू की जाएंगी उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी रोक के संबंध में बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है इस संबंध में अठारह सितम्बर तक जवाब देने को कहा गया है मामले की सुनवाई इसी दिन होगी गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने जांच जारी रहने तक दुष्कर्म कांड की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है इस आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गयी है मध्य प्रदेश के बाणसागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सोन और गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा है पटना भोजपुर रोहतास औरंगाबाद और अरवल जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्द्रपुरी जलाशय से सोन नदी में आज दोपहर दो लाख सताईस हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया हमारे संवाददाता ने बताया कि भोजपुर में जिलाधिकारी संजीव कुमार और अन्य अधिकारियों ने बड़हरा और शाहपुर प्रखंड में स्थिति का जायजा लिया जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को लिए पर्याप्त संख्या में नाव जेनरेटर लाईट और टेंट की व्यवस्था करने के साथ साथ खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है इधर भागलपुर जिले के कहलगांव में घोघा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग साढ़े चार मीटर ऊपर चला गया है केन्द्रीय राज्य मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है श्री कुशवाहा ने बक्सर में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही एनडीए के घटक दल मिल बैठकर सभी विषयों का हल निकाल लेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है श्री कुमार ने यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि कहीं से भी यूरिया को निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लेने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी श्री कुमार ने किसानों से इस संबंध में कोई भी जानकारी होने पर संबंधित जिलाधिकारी को सबूत के साथ शिकायत करने को कहा बेगूसराय जिले में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष अभियान चलाकर टीके लगाये जा रहे हैं इससे बच्चों की जानलेवा बीमारियों से रक्षा हो रही है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता बेगूसराय जिले में सदर अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य और आंगनवाडी केंद्रों पर मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जा रहा है दूरदराज के छौराही प्रखंड के बथौल गांव में महिलाएं अपने बच्चों का नियमित टीकाकरण कराती हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा बेतिया के तत्कालीन जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया है पिछले दिनों जेल के भीतर कैदियों के वार्ड में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे इसी मामले में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है रोहतास जिले के सासाराम में रेलवे के एक कर्मचारी से लूट का प्रयास करते एक अपराधी की स्थानीय लोगों ने पीट पीटकर हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी से चौबीस लाख रूपये से भरा बैग छिनने के दौरान अपराधियों ने गोली चला दी

पोषण अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर दिया जोर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक बोधगया में शुरू

बिहार और नेपाल के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू